उन्होंने कहा कि कानून सर्वोच्च है और देशवासियों का न्यायपालिका में अट्टट विश्वास है श्री मोदी आज उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि फैसला आने से पहले बातचीत के कई दौर चले लेकिन लोगों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को दिल से स्वीकार किया है सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और लोकप्रियता दोनों का स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन लोकप्रियता जब संवैधानिक जनादेश को प्रभावित करती है तो समस्या बन जाती है

भोपाल में आयोजित वानिकी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी संपदा वन है और हमें अपनी इस धरोहर पर गर्व है उन्होंने कहा कि इसे संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वनो से जूड़े लोगों और वन विभाग के प्रत्येक सदस्य पर है मुख्यमंत्री ने कहा कि तनाव और टकराव से वन सुरक्षित नहीं रह पायेगें

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

वे नगर पालिका में दिव्यांगों के लिए लगाई गई लिफ्ट का लोकार्पण करेंगे वहीं श्री गेहलोत नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी के पदभार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे कस्तुरबा पुण्यतिथि देशभर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है महात्मा गांधी द्वारा इंदौर में स्थापित कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट में इसे मात दिवस के रूप में मनाया गया इस अवसर पर शक्ति सम्मेलन को आयोजन किया गया जिसमें ट्रस्ट परिसर में संचालित विद्यालय महाविद्यालय की छात्राएं और जिलेभर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मिलित हुई मौसम प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है राजधानी भोपाल में जहां तेज धूप खिली हुई है वहीं रीवा और शहडोल संभाग के जिलों के अलावा कई स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है कई स्थानों पर हल्के बादल छाए हैं शिवपूरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कई स्थानों पर सुबह कोहरा छाया रहा